श्री मोदी ने ट्वीट के जरिए लोगों को इसके प्रति सावधान रहने को कहा है प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों नर्सों और स्वच्छता कर्मियों जैसे कोरोना योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित करने के लिए लोगों की सराहना की है

उन्होंने आज विभिन्न संचार माध्यमों के प्रमुखों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में कहा कि इससे लोग मामले की गंभीरता को समझेंगे और लॉकडाउन को गंभीरता से लेंगे प्रधानमंत्री ने मीडियाकर्मियों से भी सभी तरह की सावधानी बरतने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी संचार माध्यमों के प्रमुखों से चर्चा की उन्होंने कोरोना संक्रमण के बारे में लोगों को जागरूक बनाने में मीडिया की भूमिका पर चर्चा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है और कहा है कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ऐसा करना सुरक्षित है एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि यह समय भीड़ से बचने का है और डिजिटल भुगतान इसमें मददगार है वित्त मंत्रालय और बैंकों ने भी लोगों से ई पेमेंट सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अपील की है वित्तीय सेवाओं के सचिव देबाशीष पंडा ने कहा है कि डिजिटल भुगतान सुरक्षित हैं कई बैंकों ने डिजिटल लेन देन पर शुल्क माफ किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने सरकारी आवास पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलों के मंडलायुक्तों जिलाधिकारियों वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक को मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस की रोकथाम क लिये उठाये जा रहे कदमों के बारे में जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिये उन्होंने कहा कि प्रदेश के सोलह जिलों में लॉकडाउन किया गया है वहां आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी कार्यालय संस्थान मॉल्स सार्वजनिक परिवहन आदि बंद रहेंगे उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से इन जिलों में पभावी पेट्रोलियम सुनिश्चित करने को कहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों की बसों का प्रदेश में प्रवेश न करने दिया जाये रेलवे और बस स्टेशनों पर पहुंचने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग के लिये पर्याप्त संख्या में थर्मल स्कैंरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये मूख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमितों के लिये तैयार किये गये आइसोलेशन वार्ड में समुचित इलाज और आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करने के निर्देश दिये

राज्य भर में लॉकडाउन का कडाई से अनुपालन किया जा रहा है आमतौर पर लोग घरो में हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन जिलों में केवल आवश्यक सेवाएं काम कर रही हैं एक रिपोर्ट इन जनपदों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर शिक्षण संस्थान स्वायत्तशासी संस्थाएं व्यवसायिक प्रशिक्षण निजी कार्यालय मॉल द्रकाने कारखाने गोदाम और सार्वजनिक परिवहन बंद कर दिया गया है सरकार ने अति आवश्यक सेवाओं की एक सूची जारी की है जिसमें चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा गृह सतर्कता जेल प्रशासन पुलिस और अर्धसैनिक बल जिला प्रशासन उर्जा शहरी विकास विभाग खाद्य और नागरिक आपूर्ति आपदा और राहत फायर सर्विस सिविल डिफेंस सूचना टेलीफोन और इंटरनेट सेवाएं शामिल हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अनावश्यक रूप से भीड़ न इकट्डी करने का अनुरोध किया है

मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक छोटी सी लापरवाही बड़ी नुकसान दायक हो सकती है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

सात लोगों की मौत हुई है

प्रदेश सरकार में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर तीस हो गई है

महिला को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में सतर्कता और अधिक बढ़ा दी गई है वहीं वाराणसी जिले के पिंडरा तहसील के चितौरा गांव में कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव केस मिलने पर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है कोरोना के मरीज का इलाज पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है पीड़ित व्यक्ति के परिवार के पांच सदस्यों का सैम्पल लेकर जांच क लिये भेजा गया है कोरोना प्रभावित जिलों में जिला प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बढ़ा दी गई है लखनऊ कानपुर और वाराणसी सहित विभिन्न जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर सैनेटाइजेशन किया जा रहा है शहरी और ग्रामीण इलाकों में मुख्य मार्गो बाजारों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने के साथ साफ सफाई भी की जा रही है

घरेलू वाणिज्यिक एयरलाइन्स का संचालन कल आधी रात से बंद हो जाएगा

इस बीच कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी निजी और सार्वजनिक उपक्रमों को परामर्श जारी किया है कि वे अपने कर्मचारियों का वेतन न काटें और उन्हें सवैतनिक छूट्टी दें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह सुखदेव और राजगुरू के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी श्री मोदी ने कहा कि देश हमेशा उनके बलिदान को याद करेगा

इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर उन्हें नमन किया गया जौनपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित क्रांति स्तम्भ पर शहीद दिवस मनाया गया

प्रदेश के उद्यान मंत्री श्रीराम चौहान के निर्देश पर किसानों को गुणवत्तापूर्ण आलू बीज उपलब्ध कराने के लिए पचास प्रतिशत आलू बीजों का भंडारण किया जा चुका है आलू बीजों के भंडारण के लिये जिला प्रशासन के सहयोग से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने क निर्देश दिये गये है

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एलएन राव और सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि न्यायालय मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए सरकार की अत्यधिक सक्रियता से संतुष्ट है कोरोना वायरस को लेकर लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां फैल रही हैं जिसको दूर करने की आवश्यकता है